कल शाम नई दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए का उद्देश्य वोट हासिल करना या सत्ता में आना नहीं बल्कि नए भारत का निर्माण करना है

एनडीए के तीन सहयोगी इस बैठक में शामिल नहीं हुए लेकिन उन्होंने अपना समर्थन भेजा एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना का प्रस्ताव भी पारित किया कल नई दिल्ली में रात्रि भोज के दौरान एनडीए के नेताओं की बैठक हुई उन्होंने आम चुनाव के संभावित परिणाम पर रणनीति तैयार की इससे पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ बैठक की इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए मतगणना तैयारी लोकसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह आठ बजे से शुरू हो जायेगी इसके लिए प्रदेश में व्यापक तैयारियों पूरी कर ली गई है

सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी और इसके आधे घन्टे बाद ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होगी मतगणना के अंत में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की पांच वीवीपैट की पर्चियों का मिलान उस केन्द्र के वोटों के साथ किया जाएगा

रीवा में संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने मतगणना स्थल का जायजा और अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश दिये वहीं इन्दौर में मतगणना के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को कल प्रशिक्षण दिया गया ग्वालियर में भी मतगणना एजेंटों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें उन्हें निर्वाचन आयोग के नियमों और निर्देशों की जानकारी दी गई खंडवा में चुनाव आयोग द्वारा मतगणना के लिए दो प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है दोनों प्रेक्षकों ने कल मतगणना की तैयारियों की जायजा लिया शिवपुरी में भी मतगणना प्रेक्षकों ने मतगणना केन्द्र का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया आगरमालवाविदिशा सहित सभी जिलों में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है

स्ट्रडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे

कल नई दिल्ली में मानसून के लिए तैयारियों की समीक्षा पर राहत आयुक्तों और सचिवों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये निर्देश दिए गृह सचिव ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों सहित राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष और राज्य आपदा मोचन कोष के तहत सभी संभव सहायता उपलब्धं कराई जाएगी गृह सविच ने शहरी स्थानीय निकायों राज्य आपदा कार्रवाई बल दमकल विभाग और नागरिक सुरक्षा विभाग की क्षमता में बढ़ोत्तरी करने को कहा क्योंकि आपदा की स्थिति में घटना स्थल पर सबसे पहले यही पहुंचते हैं

लोकायुक्त छापा लोकायुक्त पुलिस ने कल इन्दौर में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के निवास और अन्य परिसरों पर छापे की कार्यवाही की इस कार्यवाही के दौरान कई भूखण्ड मकान सहित चल अचल संपित्त की जानकारी सामने आई है अधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है मौसम प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कल तापमान में वृद्धि के साथ एक बार फिर तेज गर्मी महसूस की गई और लू चली

भोपाल में मौसम का कल सबसे गर्म दिन रहा